चार सौ करोड़ रूपये की लागत से तैयार इस चीनी मिल की पेराई क्षमता पचास हजार क्विंटल प्रतिदिन है मुख्यमंत्री ने मिल में सत्ताइस मेगावाट के विद्यत उत्पादन संयंत्र का भी उदघाटन किया साथ ही उन्होंने एक सौ सोलह करोड़ रूपये की उन्वास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया चीनी मिल के उद्घाटन से पूर्व श्री योगी ने मुंडेरवा में शहीद चौक पर लगी तीन किसानों की प्रतिमा पर पहंचकर उन्हें श्रद्वांजलि दी इन किसानों की वर्ष दो हजार दो में आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से मौत हो गई थी चीनी मिल के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश की उन्तीस चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया लेकिन उनकी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलवाया और किसानों एवं युवाओं को रोजगार के अवसर दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी संख्या में चीनी मिलों के बन्द होने से प्रदेश में करीब तीन लाख लोग बेरोजगार हुए

हमारे प्रतिनिधि ने बताया मुंडेरवा चीनी मिल चलने से किसानों के चेहरे खिले खिले नजर आये और किसानों जनौवानों में मिल चलने से काफी उत्साह देखने को मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंडेरवा चीनी मिल चलना ही शहीद किसानों को सच्ची श्रद्वांजलि है

प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीस माह में गन्ना किसानों को साढ़े पैंतीस करोड़ रूपये का बकाया भुगतान किया है इस अवसर पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग राज्य मंत्री सुरेश पासी उद्यान राज्य मंत्री श्री राम चौहान स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी सांसद जगदम्बिका पाल विधायकगण अजय कुमार सिंह संजय प्रताप जायसवाल रवि कुमार सोनकर और चंद्रप्रकाश शुक्ल उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चौबीस तारीख़ यानी रविवार को सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात की उन्सठवीं कड़ी होगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षकर्धन ने सशक्त मिशन इन्द्रधनुष को अगले महीने की दो तारीख से लागू करने की तैयारियों के बारे में राज्यों के साथ आज विचार विमर्श किया उन्होंने राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और टीकाकरण के प्रधान सविवों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों और टीकाकरण अधिकारियों के साथ बातचीत की गौतमबुद्ध नगर में होमगार्ड वेतन घोटाला मामले में प्रदेश पुलिस ने कल रात लखनऊ के जिला कमांडेंट के एस पांडे को गिरफ्तार किया इस सिलसिले में लखनऊ के गोमतीनगर थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है होमगार्ड वेतन घोटाला मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है उधर घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए होमगार्ड विभाग के पांच अधिकारियों को न्यायालय ने चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गौतमबुद्द नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने कहा कि होमगार्ड वेतन घोटाले में गिरफ्तार मंडलीय कमांडेंट राम नारायण चौरसिया सहायक जिला कमांडेंट सतीश चंद अवैतनिक प्लाटून कमांडर सतवीर यादव शैलेंद्र कुमार तथा मिंटू कुमार को कल शाम अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें चौदह की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है

पीलीमीत जनपद में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पराली जलाने के आरोप में अट्ठारह किसानों को गिरफ्तार किया गया है जिले में अब तक तीन सौ से अधिक किसानों पर एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित लगातार गांवों में किसानों के साथ बैठक करके पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं उधर नोएडा में जिला प्रशासन ने थर्माकोल की भट्ठी जलाकर व्यापक स्तर पर प्रदूषण फैला रहे तीन व्यक्तियों को कल रात गिरफ्तार किया साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य चालू रखने पर कई कंपनियों पर भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है